उन्होंने कहा कि कार्यों के प्रति किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी मुख्यमंत्री ने कहा कि चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले सड़कों के सुधारीकरण का काम हर हाल में पूरा किया जाए

उन्होंने कहा कि यात्रा मार्गो पर वॉटर एटीएम की व्यवस्था के लिए जल्द कार्ययोजना बनाई जाए उन्होंने केदारनाथ और यम्नोत्री में ईसीजी और कार्डियोलॉजिस्ट की समय पर तैनाती की व्यवस्था करन के निर्देश भी दिये देवस्थानम बोर्ड मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा है कि चारधामों के हक हक्क धारियों के हकों को पूरी तरह से यथावत रखा जाएगा उन्होंने कहा कि जल्द ही देवस्थानम बोर्ड के साथ बैठक की जाएगी साथ ही हक हक्क धारियों से भी बात की जाएगी और जो भी समस्याएं होंगी उनका निराकरण किया जाएगा उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो देवस्थानम बोर्ड के फैसले पर पूनर्विचार भी किया जाएगा उन्होंने कहा कि गैरसैंण कमिश्नरी के फैसले पर भी सरकार प्नर्विचार कर सकती है आपको बता दें कि चारधाम देवस्थानम बोर्ड गठन के फैसले को लेकर तीर्थ प्रोहितों में असंतोष था उन्होंने सरकार से फैसले को रद्द करने की मांग भी की थी कई दिनों तक आंदोलन भी किया लेकिन सरकार ने फैसला वापस नहीं लिया गैरसैंण कमिश्नरी के फैसले को लेकर भी लोगों में नाराजगी थी वितीय सहायता सरकार ने कोविड से मरने वाले पत्रकारों के परिवारों को पांच पांच लाख रुपये की वित्तीय सहायता की मंजूरी दी है लोकसभा में सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि उनके मंत्रालय ने पत्रकार कल्याण योजना के तहत वित्तीय सहायता के लिए एक विशेष अभियान चलाया है

सूचना मंत्री ने कहा कि देश में कोविड महामारी की रोकथाम के लिए दिशा निर्देश जारी करते हुए गृह मंत्रालय ने वाणिज्यिक और निजी प्रतिष्ठानों में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संस्थानों को इससे म्क्त रखा था

हमारे संवाददाता ने बताया है कि परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम बच्चों के लिए तनावरहित माहौल बनाने के उद्देश्य से श्रु किए गए व्यापक अभियान का एक हिस्सा है दसवीं और बारहवीं बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान हो च्का है ऐसे में विद्यार्थियों के परीक्षा के तनाव को कम करने और उन्हें मार्गदर्शन देने के लिए प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विद्यार्थियों से ज्ड़ेंगे देश भर के लगभग दो हजार स्कूली छात्रों शिक्षकों और अभिभावकों का चयन किया जायेगा

प्रधानमंत्रई ने एक ट्वीट में कहा कि मन की बात कार्यक्रम देशभर से लोगों के विचारों रोचक विषयों और प्रेरक जीवन यात्राओं को उजागर करने का अवसर देता है प्रधानमंत्री ने लोगों से कार्यक्रम के आगामी संस्करण के लिए अपने विचार साझा करने का भी आग्रह किया लोग नमो ऐप या माई गोव ओपन मंच में अपने विचार साझा कर सकते हैं

संचिवालय में वीडियो कांफ्रेंसिग के जरिए जिलाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि अधिकारियों का जनप्रतिनिधियों के साथ लगातार संवाद रहना चाहिए उन्होंने कहा कि जनता से ज्ड़े कार्यो को प्राथमिकता दी जाए जिनसे लोगों को सीधा लाभ मिले म्ख्यमंत्री ने बहउददेश्यीय शिविरों का आयोजन करने के निर्देश भी दिये मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा उनकी प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर है

कंभ समीक्षा गढ़वाल आयुक्त रविनाथ रमन ने कहा है कि क्भ में भीड़ नियंत्रण पार्किंग सड़क बिजली पानी के कार्यों को युद्ध स्तर पर पूरा किया जाए उन्होंने कहा कि अखाड़ों विशेषकर बैरागी अखाड़ों के लिए जमीन आवंटन और उसमें मूलभूत स्विधाओं को देना प्राथमिकता है गढ़वाल आय्क्त ने हरिद्वार में कृंभ की व्यवस्थाओं की समीक्षा की

इसके लिए जिलाधिकारी विनीत कुमार ने कमेड़ी में ए ट्र मिल्क ग्रोथ सेंटर का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया

उन्होंने कहा कि ए टू मिल्क को अल्मोड़ा जिले को उपलब्ध कराया जाता है जिलाधिकारी ने सहायक निदेशक डेयरी को ए टू मिल्क के उत्पादन को बढ़ाने के निर्देश दिये उन्होंने इसके लैब के प्रस्ताव के लिए मुख्य विकास अधिकारी और मुख्य पश् चिकित्साधिकारी को कार्रवाई करने को कहा

इसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण और स्कूली छात्र छात्राएं शामिल हए उन्होंने लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया

गत वर्ष दिसंबर में की गई मगरमच्छ घड़ियाल और ऊदबिलाव की गणना की रिपोर्ट को पार्क के निदेशक राहल ने जारी कर दिया है

इस बार गणना के लिये ड्रोन का भी सहारा लिया गया